प्रधानमंत्री ने पूर्ण बंदी वाले जिलों और राज्यों में लोगों से घरों से बाहर न निकलने और कोविड नाइन्टीन के खिलाफ लड़ाई में निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है श्री मोदी ने टवीट के जरिए लोगों को इसके प्रति साक्यान रहने को कहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सो और स्वच्छता कर्मियों जैसे कोरोना योद्वाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से लंबी लडाई में देश की विजय यात्रा की यह केवल एक शुरुआत है केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे कोरोना के चलते अपने यहां लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करें सरकार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानुनी कार्रवाई की जानी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि बहत से लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं उन्हॉने लोगों से अनुरोध किया कि वे निर्देशों का गंभीरता से पालन करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह लोगों को घर पर ही बने रहने के लिए संदेश देने का अमियान चलाए उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांक्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भुमिका पर चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हए ऐसा करना सुरक्षित है एक टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भुगतान इसमें मददगार है वित्त मंत्रालय और बैंकों ने भी लोगों से ई पेमेंट सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के बढते संक्रमण को देखते हए राज्य के सोलह जिलों को लॉकडाउन किया गया है जिन जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है वे हैं लखनऊ गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद आजमगढ़ आगरा वाराणसी प्रयागराज लमीखपुर खीरी मुरादाबाद बरेली कानपुर नगर मेरठ गोरखपुर अलीगढ़ सहारनपुर और पीलीभीत राज्य भर में लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं काम कर रही हैं इन जनपदों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दप्तर शिव्वण संस्थान स्वाय्तशासी संस्थाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण निजी कार्यालय मॉल दुकाने कारखाने गोदाम और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है सरकार ने अति आवश्यक सेवाओं की एक सूची जारी की है जिसमें विकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा गृह सतर्कता जेल प्रशासन पुलिस और अर्धसैनिक बल जिला प्रशासन उर्जा शहरी विकास विमाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति आपदा और राहत फायर सर्विस सिविल डिफेंस सूचना टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनावश्यक रूप से भीड़ न इकट्टी करने का अनुरोध किया है उन्होंने निर्देश दिया है कि बंद का कड़ाई से पालन किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी नुकसान दायक हो सकती है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ गोरखपुर में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है पुलिस ने शहर के चौराहों और जिले की तरफ आने वाले मार्गो पर बैरिकेड लगाए हैं आने जाने वालों से पछताछ की जा रही है आवश्यक होने पर ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है शहर की सभी दुकाने बंद हैं और आवश्यक सेवाएं जैसे एटीएम और पेट्रोल पंप खुले हैं लोग भी लॉकडाउन में एहतियात बरत रहे हैं और घरों में रहकर कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से लडने का संकल्प दिखा रहे हैं जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर जायजा लिया उन्हॉने लोगों से घरों में रहने की अपील की है जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जायेगी और कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोग सुबह साढ़े नौ बजे तक दूध राशन सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी कर सकते हैं उन्होंने कहा कि जिले में धारा एक सौ चौवालिस लागू है ऐसे में चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ आने जाने पर पाबंदी है वाराणसी और आजमगढ़ में भी लॉकडाउन का लोग कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं जिले की तरफ आने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है